यह तीन अप्रैल तक चलेगा सत्र के दौरान रेलवे सामाजिक न्याय और आधिकारिता पयर्टन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मंत्रालायों की अनुदान मांगों पर विचार होगा इसके साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एयरक्राफ्ट संशोधन और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक सहित कई विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किये जाएंगे बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी की परीक्षायें आज से शुरू हो रही है वहीं हाईस्कूल की परीक्षायें मंगलवार तीन मार्च से शुरू होंगी

परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किये हैं

प्रदेश भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में श्री शर्मा ने कहा कि मुरैना और भिंड जिले के एक सौ से अधिक गांवों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी हाल ही में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ है लिहाजा सरकार तत्काल प्रभावितों को राहत राशि मुहैया कराए

इस संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं गौरतलब है कि सरकारी अधिवक्ताओं का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है

नमस्ते ओरछा ओरछा में मार्च से शुरू हो रहे नमस्ते ओरछा महोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर ने कल ओरछा पहुंचकर महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया उन्होंने प्रमुख आयोजन स्थलों मार्गों ऐतिहासिक इमारतों में किए जा रहे संरक्षण और संधारण के कोम की समीक्षा की और सभी काम समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिये उन्होंने बताया कि इस तीन दिवसीय महोत्सव में ओरछा के प्राकृतिक सौन्दर्य पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व बुन्देली खान पान और लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा

मुख्यमंत्री यहां किसान सम्मान सम्मेलन में जय किसान फसल ऋणमाफी के प्रमाण पत्र बांटेंगे

मिर्च महोत्सव कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने किसानों से आग्रह किया है कि वो कृषि के साथ साथ खाद्य प्र संस्करण उद्योग से भी जुड़े इससे फसल की सही कीमत भिलेगी और कृषि के साथ साथ आय का वैकल्पिक स्रोत भी तैयार होगा कृषि मंत्री ने खरगौन जिले के कसरावद में दो दिवसीय मिर्च महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि हमेशा से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का आधार स्तंभ रही है इसके साथ उद्यानिकी और खाद्य प्र संस्करण जुड़ने से किसानों की आर्थिक सम्पन्नता के नये रास्ते खुले हैं इस मौके पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया मौसम मौसम के बदले भिजाज के बीच राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर कल हल्की बारिश हुई जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई राजधानी भोपाल में कल देर रात गरज चमक के साथ बारिश हुई मंडला जिले में भी देर शाम तक तेज हवाए चलती रही और रात में हल्की बूंदाबांदी हुई है जिससे मौसम ठंडा हो गया है इधर सिवनी जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई वहीं चना मसूर मटर और धनिया पत्ती की फसल को नुकसान की आशंका है

पन्ना और दमोह में बीती रात तेज बारिश के साथ ओले गिरे मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगें और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना है

वहीं एक गंभीर रुप र्स घायल बताया जा रहा है

घटना की जांच के आदेश दे दिए गए है